आज नई दिल्ली में चार दिन के विश्व आर्यसमाज सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि त्योहारों के मौसम में नई दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण बढ़ने के कारण सांस की तकलीफ होने लगती है और इसका असर बच्चों और बूढ़ों पर ज्यादा होता है राज्य की युवाओं के बीच पहुंच बढ़ाने के प्रयासों के तहत आज राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने उच्च शिक्षण संस्थान राजीव गांधी विश्व विद्यालय नेरिस्ट एन आई टी अरुणाचल देरा नातुंग कॉलेज और डॉन बोस्को कॉलेज ईटानगर के छात्रों के साथ राजभवन में चर्चा की अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में केंद्र और राज्य संबंधो में राज्यपाल की भूमिका विषय पर श्री मिश्रा ने कहा कि की राज्यपाल का दायित्व जनहित को सुनिश्चित करना है

भारतीय नौ सेना प्रमुख एडमिरल सुनिल लांबा ने आज तवांग सेक्टर में रणनितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बुमला पास का दौरा किया स्टाफ कमिटि के प्रमुख एडमिरल सुनिल लांबा को भारतीय सेना के अधिकारियों ने सुरक्षा स्थिति और शांतिपूर्ण तरीके से नॉर्दन बॉडर्स के प्रबंध के बारे में जानकारी दी गौरतलब है कि बोमला भारत और चीन सीमा के बीच मुद्दों के समाधान के लिए पांच मीटिंग प्वाईंट में से एक है नौ सेना प्रमुख ने अधिक ऊंचाई और बहुत कम तापमान वाले इलाके में तैनात सैनिकों सहित बातचीत की उन्होंने उन्नीस सौ बासट के भारत चीन युद्ध में शहीद जवानों के स्मारक तवांग मेमोरियल पर उन्हें श्रद्धांजली दी राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में दो दिन का बाल फिल्म महोत्सव शुरु हुआ इसका उद्घाटन राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री बामांग फेलिक्स ने किया अपने संबोधन में उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के अलावा अच्छी फिल्में देखने और इससे सीखने की अपील की उन्होंने बाल फिल्म महोत्सव को वार्षिक कार्यक्रम बनाने और अगले वर्ष जनवरी महीने में राज्यभर के बच्चो के लिए दोरजी खांडू कनवेंशन सेंटर ईटानगर में इसे आयोजित करने के लिए चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी से अनुरोध किया श्री फेलिक्स ने कहा कि फिल्में समाज के वास्तविक रुप को प्रदर्शित करती है और बच्चों पर आधारित अच्छी फिल्में छात्रों को दिखाई जानी चाहिए इस अवसर पर केंद्रीय एवं सूचना मंत्रालय के अधीन भारतीय बाल फिल्म सोसायटी के प्रशासनिक अधिकारी राजेश गोहिल ने बताया कि देश की पंद्रह प्रमुख भाषाओं में दो सौ पचास से भी अधिक बाल फिल्में बनाई जा चुकी है उन्होंने बताया कि इन फिल्मों की पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाओं में डबिंग की जा रही है ताकि इसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके श्री गोहिल ने कहा कि बाल फिल्म सोसायटी फिल्मों को लाईब्रेरी से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और दूर दराज के इलाकों के बच्चों को फिल्म प्रदर्शित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए भी बाल फिल्म सोसायटी ने विशेष कदम उठाया है ताकि वे ऐसी फिल्मों का आनंद उठा सके इस दो दिवसीय चिल्ड्रेन्स फिल्म बोनाजा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म गौरु गट्टू और गिल्ली गिल्ली अट्टा फिल्म दिखाई जायेंगी इस महोत्सव का आयोजन बाल फिल्म सोसायटी ने अरुणाचल प्रदेश के सूचना और जन संपर्क विभाग के सहयोग से किया है

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित समारोह में शामिल हुए और परेड की सलामी ली आईटीबीपी के महानिदेशक आर के पचनंदा और वरिष्ठ अधिकारी समारोह में मौजूद थे